यह पुरस्कार भोपाल स्मॉर्ट सिटी के इन्टिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को अभिनव पहल के लिए दिया जाएगा

इस सेवा में राज्य स्तर की सीएम हेल्पलाइन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेवा के साथ साथ आपातकालीन फायर पुलिस और हेल्थसेवा एक सौ आठ शामिल हैं जबकि शहर स्तर की सेवा में मेयर एक्सप्रेस पब्लिक बाइक शेयरिंग स्मार्ट स्ट्रीट लाईट आदि को मॉनिट्रिंग और कंट्रोल किया जाता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने गरीबी हटाओ का नारा देकर वोटों के लिए गरीबों का शोषण किया जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको गरीबी के अभिशाप से मुक्त करने के लिए काम किया है श्री चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आज भांडेर में कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दशकों पहले दिया था लेकिन उसने गरीबों को क्या दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार ने तय किया है कि जितना हो सके सरकार गरीबों की भलाई के लिए खर्च करेगी इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे

वन रैंक पेंशन केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि उसने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करने के लिए एक नीतिगत फैसला किया है केंद्र ने यह भी कहा कि उसने इस पेंशन की पांच साल में एक बार समीक्षा की वर्तमान नीति के बजाए पेंशन की स्वतः वार्षिक वृद्वि किए जाने की याचिकाओं को रद्द करने की मांग की है अपर सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने न्यायालय को बताया कि सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है जिसका वित्तीय असर पड़ेगा और इसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी श्री सिंह ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद इस कार्य के लिए दस हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं

साथ ही वन और वन्य प्राणी सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जायेगी